संख्या बल को देखते हुए भाजपा को राज्यसभा में भी इसके आसानी से पास होने की उम्मींद है भाजपा ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है

उधर कांग्रेस ने लोकसभा में इस विधेयक पर पुरजोर तरीके से विरोध करने के बाद अब सड़क पर भी प्रदर्शन का फैसला किया है पार्टी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि आज सभी प्रदेश मुख्यालयों पर कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जायेगा

संशोधन विधेयक में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव है

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय लंबे समय से वंचित रहे हैं और उनके साथ भेद भाव होता रहा है इसलिए आरक्षण का विस्तार एक उचित कदम है कमलनाथ खाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिला कलेक्टरों से खाद वितरण के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं कल भोपाल में जनाधिकार कार्यक्रम में कलेक्टरों से सीधा संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि खाद की कालाबाजारी न हो उन्होंने कहा कि मिलावटी खाद बाजार में नहीं बिकना चाहिए इस दौरान श्री नाथ ने एक अन्य मामले में बड़वानी जिले के पाटी जनपद के सीईओ पंचायत सचिव एवं सहायक इंजीनियर को निलंबित कर दिया है वहीं एक रोजगार सहायक की सेवाएं समाप्त कर दी गई है इन पर ग्राम पंचायत पाटी में चल रहे निर्माण कार्यों और कपिलघारा कुँआ योजना में हो रही अनियभितताओं की शिकायत को झूठा बताया था

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल मंत्रालय में वेस्ले ग्रूप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डोरियन मुलेन्स को स्वीकृति पत्र प्रदान किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के नए अवसर के लिए सरकार अपनी नीतियों को उदार बनाने के साथ ही रोजगार प्रधान निवेश को प्रोत्साहित करेगी

पर इसे कृषि वन और आपदा प्रबंधन में मदद के लिए तैयार किया गया है

हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है बोर्ड के क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रभारी डॉ डीके वागेला ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में शहर का वायु प्रदूषण चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया था

मीटर रीडिंग ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने शत प्रतिशत मीटर रीडिंग करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि इंदिरा गृह ज्योति योजना का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब सही मीटर रीडिंग के आधार पर बिजली बिल बनेगा आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री सिंह ने सागर रीजन में सागर टीकमगढ़ छतरपुर दमोह पन्ना और निवाड़ी जिले में बिजली आपूर्ति और अन्य योजनाओं की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये

इसमें जिले के कृषि महाविद्यालय और कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक किसानों को उद्यानिकी विषयों पर मार्गदर्शन देंगे इस दौरान कृषि से संबंधित सभी विभाग भी अपने स्टाल लगाएंगे

मैच शाम सात बजे से शुरू होगा

रविवार से भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला शुरू होगी

इसमें कार्ड धारियों को इलाज में आ रही कठिनाईयों का पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया